आज गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस निर्धारित किया गया है इंडिया पोस्ट केंद्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि साढे छह सौ स्थानों पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आई पी पी बी शुरू किए जाएंगे इन बैंकों में विशेष रूप से बचत खाते चालू खाते मनी ट्रांसफर और कारोबारी भुगतान की सुविधाएं रहेंगी उन्होंने बताया कि इस वर्ष दिसंबर तक ये बैंक भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और रिजर्व बैंक की मदद से ग्रामीण इलाकों में लोगों के घर तक बैंकिंग सुविघाए पहुचाएंगे उन्होंने कहा कि पहली सितम्बर को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इस कार्यक्रम का राष्ट्रव्यापी शुमारंभ होगा

जनमंच जनमंच कार्यक्रम की चौथी कड़ी में दो सितम्बर को प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जनसमस्याएं सुनी जाएंगी कुल्लू ज़िले के नग्गर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर करेंगे

अमर उजाला का शीर्षक है शिक्षण संस्थानों में जनसंख्या आधार पर ओबीसी आरक्षण देने की तैयारी हिमाचल दस्तक की सुर्खी है ओबीसी आरक्षण की समीक्षा करेगी सरकार दैनिक भास्कर लिखता है ओबीसी को मिलेगा बराबर रिजर्वेशन बदलेगी पॉलिसी पत्र के अनुसार जयराम सरकार एमरजेंसी में जेल गए लोगों को देगी पैंशन दिव्य हिमाचल के शब्द हैं चार दिन तनातनी के बाद सदन में ठहाके सीएम ने सुक्खू को घेरा बोले सुरक्षा के दृष्टिगत दिया स्टेट गेस्ट का दर्जा शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है धोनी को स्टेट गेस्ट बनाने का मामला विधानसभा में गूंजा जबकि दैनिक जागरण लिखता है ठियोग होटकोटी सड़क की होगी जांच मुख्यमंत्री के हवाले से दैनिक न्याय सेतु लिखता है अपनी सोच को परिपक्व करे कांग्रे स युग हत्याकांड मामले पर पंजाब केसरी की सुर्खी है पांच को होगी सजा पर सुनवाई दैनिक न्याय सेतु लिखता है युग हत्याकांड अदालत में फिर टला दोषियों की सजा पर फैसला

अजीत समाचार के अनुसार जज ने सुरक्षित रखा फैसला गुड़िया मामला सीबीआई ने गवाह बनाए पुलिस कर्मी के शपथपत्र की मांगी कॉपी आपका फैसला की एक खबर है इसी पत्र के अनुसार स्कूलों में खाली पदों को लेकर हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करेंगे प्रधान सचिव हिमाचल में तीन अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्टस स्कूल शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है केंद्र सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश से मंगवाए थे नाम एडीबी की मदद से परवान चढ़ेगा हिमाचल में पर्यटन दैनिक सवेरा टाइम्स की खबर है अमर उजाला के अनुसार फूलों से सजेगा हेरिटेज शिमला कालका रेल ट्रेक दैनिक जागरण लिखता है विधायकों की बैठक में मंथन डीसी एसपी की तर्ज पर चाहिए विधायकों को झंडी हाईकोर्ट ने पूछा टीचर भर्ती में कितना समय लगेगा हिमाचल दस्तक की एक खबर है पंजाब केसरी के अनुसार मणिमहेश यात्रा पर आने वाले श्रद्वालुओं को देना होगा सुविघा टैक्स मौसम से जुड़ी खबर को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है रामपुर में दो जगह बादल फटे सेब बागीचे तबाह दैनिक न्याय सेतु के अनुसार हिमाचल प्रदेश में धीमी हुई मानसून की रफ्तार एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने परिसर व इसके अधीन आने वाले सभी कालेजों में जंक फूड पर प्रतिबंध लगाकर भावी पीढ़ी को स्वस्थ रखने की अच्छी पहल की है शीर्षक है स्वस्थ होंगे युवा